लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहत वर्षों बाद देश की जनता ने एक तरफा मतदान करके एनडीए सरकार को दोबारा चुना है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों ने यह दिखा दिया है कि जनता अपने निजी हितों की तुलना में देश की भलाई के बारे में अधिक सोचती है और यह भावना प्रशंसनीय है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार अपने मुख्य लक्ष्य से भटकेगी नहीं सरकार आधारभूत ढ़ांचे और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ी है

वे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल कायाकल्प मिशन की चौथी वर्षगांठ पर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष की पहली तिमाही तक बाकी सभी मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी जाएगी

भोपाल में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के कार्यो में गति लाने और शीघ्र पूरा करने के लिये समयबद्द कार्यक्रम बनाया जाए श्री कमलनाथ ने परियोजना के अंडर ग्राउण्ड सेस्सन एलिवेटेड सेक्सन की जानकारी की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिये हैं इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने भोपाल और इंदौर में चल रही मैट्रो रेल परियोजना के तहत किये जा रहे कामों का प्रस्तुतिकरण दिया उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि राजधानी भोपाल में मैट्रो के दो रूट बनाये जा रहे हैं

इसके बाद पिछड़ा वर्ग उच्चतर माध्यमिक बालिका छात्रावास का उद्घाटन करेंगे श्री कमलनाथ इंदौर स्थित रविन्द्र नाट्यगृह पहुंचकर इंडिया टूडे रॉक्स यूथ समिट में भी भाग लेंगे

आज लोकसभा में एक प्रक प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला ने बताया कि सरकार को फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक या वैकल्पिक बनाने के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं यह योजना वर्तमान में बीमा लाभ का दावा करने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है कृषि मंत्रालय ने इस योजना की स्थिति के बारे में विचार और सुझाव देने के लिए राज्यों को पत्र लिखा था

इस कार्यक्रम के तहत नई दिल्लीं में शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन का गठन किया गया है

सरकार ने मध्य प्रदेश सहित केरल राजस्थान हरियाणा गोवा जम्मू और कश्मीर ओडिशा और उत्तर प्रदेश में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना के लिए धनराशि को भी मंजूरी दी है

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में छात्रवृत्ति के भूगतान में कुछ देरी हई थी लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गहलोत ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं को नया रूप दिया जा रहा है

ऐसी योजनाओं में अब केन्द्र का हिस्सा मामुली रह गया है इसलिए अब इन योजनाओं में धन के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है ताकि राज्यों पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके

कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दिन नशे की लत से होने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिये लोगों में जागरूकता लाने के उद्वेश्य से ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएगे इस संबंध में कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसमें जिला स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिवहन पुलिस जेल खेल और युवा कल्याण पंचायती राज एवं संस्थाए तथा अशासकीय संस्थाओं को सहयोगी बनाकर नशा निवारण दिवस का आयोजन करने के लिये कहा गया है वहीं खंडवा राजगढ़ गुना बैतूल अनूपपुर जबलपुर ग्वालियर उमरिया सहित सभी जिलों में कल नशामुक्ति निवारण दिवस मनाया जाएगा

इसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला पंचायतें हुई हैं

ग्रामीण विकास सेवा के दो अधिकारियों की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वापस लौटा दी है अदिति गर्ग को सीईओ स्मार्ट सिटी इंदौर बनाया गया है अमनवीर सिंह बैंस नगर निगम सतना के आयुक्त और सीईओ स्मार्ट सिटी सतना होंगे

इस वन में आकर्षक प्रवेश द्वार बच्चों का गार्डन इंटरप्रिटेशन सेन्टर कैफेटेरिया और लेंड स्केपिंग का कार्य किया जायेगा इसी तरह वन में स्थित तालाब के जीर्णोद्वार का कार्य भी शामिल है लोक निर्माण तथा पर्यावरण मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने आज इसका भूमि पूजन किया इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि इस वन के द्वारा मोरों के संरक्षण में सहायता मिलेगी

वहीं धार रतलाम अलीराजपुर बड़वानी झाबुआ इन्दौर सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग के मुताबिक अनुकूल परिस्थितियों की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है एक दो दिन में इसके भोपाल और इन्दौर पहॅचने की संभावना है

साथ ही कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया